जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद दिए वक्तव्य में श्री मोदी ने ये बात कही विश्व की गंभीर च्नौतियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में समानता है इन विषयों पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा शाम को जारी रहेगी आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम बायलेटरल और मल्टीलेटरल सहयोग को और घनिष्ठ बनाएगें प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश ई मोबिलिटी स्मार्ट सिटी अंतर्देशीय जल मार्गो और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में अवसर जुटाने पर भी कार्य कर रहे हैं

हम जर्मनी को आमंत्रित करते है कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाड् में डिफेंस कॉरिडोर में अक्सरों का लाभ उठाएं भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है एंगेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी और भारत के बीच समझौतों से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे उन्होंने भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के लिए बधाई दी इससे पहले पांचवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में दोनों देशों के बीच नई प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि तटीय प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए सुश्री मर्केल कल रात तीन दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका पारम्परिक स्वागत किया सुश्री मर्केल के साथ संघीय सरकार के कई मंत्री और सचिव तथा एक उच्चस्तरीय व्यापार शिष्टमंडल भी आया है इससे पहले उन्होंने राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि इन ई वाहनों का मूल्य कम होगा ये पर्यावरण अनुकूल होंगे और पेट्रोल या डीजल की खप्त भी कम होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में खरीदे गए इलैक्ट्रिक वाहनों को इंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये ई वाहन सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रद्यण को बढ़ने से रोकने में काफी सहायक होंगे शहरों में खास करके जहां लाखों वाहन चलते है वहां ई व्हीकल ज्यादा हो ये जरूरी है और इसके लिए भारत सरकार ने ई व्हीकल लेने वाले को सब्सिडी दिया है प्रोत्साहन दिया है इंसेंटीवाइस किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी अट्ठारह पुलिस रेंज में साइबर थानों और फॉरेंसिक लैब की स्थापना के निर्देश दिए हैं उन्होंने इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया को भी तेज करने को कहा है साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना में भी तेजी लाने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कल रात लखनऊ में पुलिस के प्रशासनिक व आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में गृह विभाग के प्रस्तृतिकरण को देखा इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यो को मानकों के अनुसार समयबद्व ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया छठ महापर्व पर नदियों किनारे घाटों पर रौनक बढ़ गयी है पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कुशीनगर देवरिया गाजीपुर मऊ सहित अन्य जिलों में छठ घाटों को तैयार करने का काम तेज गति से चल रहा है इन सभी स्थानों पर साफ सफाई और रोशनी के प्रबंध किये जा रहे हैं छठ पर्व कल से ही नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है छठ व्रती आज शाम खरना करेंगे तत्पश्चात् निर्जला व्रत के साथ कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और रविवार को उगते हुये भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगे छठ पर्व पर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विशेष उत्साह है बाजार छठ पूजा की सामग्री से पटे हैं बाजारों में चहल पहल और भीड़ भाड़ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर आज बस्ती जनपद के रूधौली विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय सांसद हरीश द्विपेदी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी संकल्प यात्रा निकाली इस दौरान सांसद ने बारह से अधिक गांवों का भ्रमण कर लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया इसी के साथ पिछले माह दो अक्टूबर से शुरू हुयी गांधी संकल्प यात्रा का आज समापन भी हो गया